् मेडिकल संस्थानों में दाखिले के लिये आज देशभर में हुआ नीट परीक्षा का आयोजन कोरोना के बीच विशेष सावधानियों के साथ संपन्न हुई परीक्षा

्र संसद का मानसून सत्र कल से होगा शुरू कोविड महामारी को देखते हुये किये जायेंगे विशेष इतजाम

इनमें पारादीप हल्दिया दूर्गापुर पाइपलाइन का दुर्गापुर बांका खंड और पूर्वी चंपारण तथा बांका में रसोई गैस सिलेंडर भरने वाले दो एलपीजी बॉटलिंग प्लांट शामिल हैं रसाई गैस भरने के इन संयंत्रों की स्थापना प्रधानमंत्री उज्जवला योजना को आगे बढाने के लिये की जा रही है इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अंतर्गत आठ करोड़ लोगों को रसोई गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं उन्होंने कहा कि कोरोना काल में लोगों को मुफ्त दिए गए गैस सिलेंण्डर गरीबों के लिए एक वरदान साबित हुए हैं

दो गज की जरूरी दूरी के साथ सेनेटाइजर और थर्मल स्कैनिंग से परीक्षार्थियों को बैठाया गया राज्य मे दो सौ उन्हत्तर केन्द्रों पर परीक्षा आयोजित हई

लोगों में संकमण की जांच का काम भी लगातार चल रहा है

इसमें बताया गया है कि ठीक हुए रोगियों में थकान बदन दर्द खांसी गले में खराश और सांस लेने में तकलीफ जैसे कई लक्षण जारी रह सकते हैं इसमें कहा गया है कि ऐसे रोगियों की आगे की देखभाल और आरोग्य के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है नियमावली में कहा गया है कि स्वस्थ हो रहे रोगियों को मास्क पहनने स्वच्छता का ध्यान रखने और दूसरों के संपर्क में आते समय पर्याप्त दूरी बनाए रखने जैसे कोविड रोकथाम नियमों का पालन करते रहना चाहिए प्रोटोकोल में पर्याप्त मात्रा में गर्म पानी और शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने वाली आयुष दवाएं लेने को भी कहा गया है स्वस्थ हए रोगियों को डाक्टरी परामर्श से थोड़ा बहत व्यायाम जैसे योगासन प्राणायाम और ध्यान करते रहना चाहिए

वे कोरोना से पीड़ित थे और इलाज के लिए एक सप्ताह पहले दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती हुए थे श्री सिंह ने राष्ट्रीय जनता दल से हाल ही में इस्तीफा दिया था राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कई बड़े नेताओं ने रघ्वंश प्रसाद सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है

इन उपायों में सभी सांसदों की स्वास्थ्य जांच लोकसभा और राज्यसभा की बैठकों का अलग अलग समय पर आयोजन और सुरक्षित दूरी के नियम का पालन करने की वजह से सदस्यों के बैठने के लिए दीर्घाओं और कक्षों में बैठाने की व्यवस्था भी शामिल है सदनों की बैठके दो पारियों में सुबह नौ बजे से दोपहर बाद एक बजे तक और शाम तीन बजे से सात बजे तक आयोजित की जाएगी सत्र के दौरान प्रश्नकाल और गैर सरकारी विधेयकों की व्यवस्था को रद्द कर दिया गया है शून्यकाल को भी सीमित कर दिया गया है लोकसभा और राज्यसभा सचिवालयों की विज्ञप्तियों में बताया गया है कि सत्र के दौरान कोई अवकाश नहीं होगा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस साल मई में देश में कोविड महामारी से निपटने के लिए बीस लाख करोड़ रूपए के समग्र आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी

कोविड महामारी के कारण इस साल हिन्दी दिवस का समारोह आयोजित नहीं किया जायेगा राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेशवासियों को हिन्दी दिवस की शुभकामनायें दीं हैं अपने संदेश में उन्होने कहा कि हिन्दी केवल भाषा ही नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता की संवाहिका भी है

कृषि विभाग ने किसानों को कीट और व्याधी नियंत्रण की सलाह दी है मक्का फसल में फाल आर्मी वर्म का प्रकोप सामने आ रहा है वहीं दालों में यलोवेन मोजेक विषाण के लक्षण नजर आने लगे हैं कृषि विभाग के उपनिदेशक रमेश चन्द जैन ने किसानों को विशेषज्ञों से संपर्क करने की सलाह दी है इधर हनुमानगढ जिले में बढते तापमान के बीच बीटी कपास फसल को भारी नुकसान हो रहा है

मौसम विभाग के अनुसार कल से राज्य में मानसूनी पूर्वी हवाएं प्रभावी हों सकती हैं

इस बीच आज अधिकांश जिलों में सूखा रहा